प्रदेश सरकार बाईस करोड़ पौधे लगाएगी

दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा औरैया जनपद में कल सुबह हुई एक सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत तीन अन्य घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में कल वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया इस अभियान के तहत राज्य सरकार बाईस करोड़ पौधे लगाएगी वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के पचास खरब डॉलर बनने पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए न्यू इंडिया के सपने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है तो साथियां बात होगी हौसले की नई संभावनाओं की विकास के यज्ञ की मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पचास अरब डॉलर का बनाना बिल्कुल संभव है कल वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं फाई ट्रीलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है इसकी एक दिशा बजट में हमनें दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है और देश को ये भी विश्वास दिया गया है कि पांच साल एक सरकार एक कन्टीन्यूटी में है ये भी विश्वास दिया है कि आने वाले दस साल के विजन के साथ मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों की क्षमता पर संदेह करने वाले कुछ लोगों ने कहा था कि यह लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा सोचने वाले लोग हमेशा से निराशावादी रहे हैं श्री मोदी ने दो हजार उन्नीस बीस के केन्द्रीय बजट और आगामी वर्षो में भारत के विकास पथ के बारे में अपने विचार साझा किये संघीय बजट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम नया भारत बनाने के बिल्कुल करीब हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव स्थित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केन्द्र में एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की इस अवसर पर उन्होंने टोल फ्री नम्बर आठ नौ आठ षून्य आठ षून्य आठ षून्य आठ षून्य की भी शुरूआत की भाजपा का सदस्यता अभियान भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा हमारे प्रेरणा कंज डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर उनके सपनों को हम पूरा कर सके इस आशा के साथ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किये भारतीय जनता पार्टी के शिखर प्रुष और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल जयंती मनाई गयी उनका जन्म छह जुलाई उन्नीस सौ एक को कोलकाता में हुआ था वे जाने माने भारतीय राजनेता बैरिस्टर और शिक्षाविद थे उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी काम किया

इस अवसर पर सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की अपील की उन्होंने कहा कि भाजपा हर गरीब और जाति वर्ग की पार्टी है और सरकार जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है भाजपा के प्रदेष उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेष में वर्तमान में भाजपा के एक करोड़ अस्सी लाख सदस्य हैं उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपनी सदस्य संख्या में कम से कम बीस प्रतिषत की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा है भाजपा का सदस्यता अभियान ग्यारह अगस्त तक चलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा है कि प्रदेष सरकार ने सभी पचहत्तर जिलों के षहरो और गांवों में र्बसहारा गोवंष संरक्षण के लिए पर्याप्त धनराषि उपलब्ध करा दी है सरकार के इस प्रयास से चार लाख बेसहारा गो वंषीयों को सहारा मिल रहा है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल गोरखपूर के मण्डी परिसर में निर्मित कान्हा उपवन व गो षाला का लोकार्पण किया कल ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग द्वारा गोरखपुर में राजघाट पर घाट निर्माण परियोजना के अन्तर्गत अट्ठारह करोड़ उन्हत्तर लाख इकहत्तर हजार की लागत से सौ मीटर लम्बा तथा अठहत्तर मीटर चौड़ा निर्माणाधीन घाट का विस्तृत निरीक्षण किया तथा इससे संबंधित मैप का अवलोकन किया मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शमसान घाट पर शेड बनाने के साथ साथ चबूतरे का निर्माण किया जाये ताकि दाह संस्कार में लोगों को कोई असुविधा न हो केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी में अठ्ठारह करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और षिलान्यास किया अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर आयीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कल पार्टी मुख्यालय पर भाजपा सदस्यता अभियान की भी षुरूआत की उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अमेठी के विकास कार्यो में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया स्मृति ईरानी ने जिले के सलोन विधान सभा क्षेत्र के कॉटा गाँव में दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चौपाल लगाकर जनसमस्यायें सुनी और उनके तत्काल निराकरण कराने के अधिकारियों को निर्देष दिये

दक्षिण पश्चिम मानसून देश के उत्तरी और मध्यवर्ती हिस्सों की तरफ बढ़ गया है मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एममहोपात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के क्छ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकतर भागों में मानसून ने दस्तक दे दी है उन्होंने कहा कि पिछले छत्तीस घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में वर्षा हई है और अगले दो तीन दिन तक इसके जारी रहने की संभावना है उधर प्रदेष में पिछले चौबीस घंटो के दौरान कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज वर्शा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है राजधानी लखनऊ सहित झांसी बरेली हमीरपुर औरई इटावा कानपुर आगरा बांदा और लखीमपुर खीरी में आंधी के साथ सामान्य से तेज बारिश हुई वहीं कई जगहों पर वर्शा जनित हादसों में पन्द्रह लोगों की जान चली गयी सबसे ज्यादा दस मौते आकाषीय बिजली के गिरने से हुई और विवरण हमारे संवाददाता से प्रदेष में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्शा से तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे आ गया है जिससे लोगों को भीशण गर्मी की तपिष से कुछ राहत मिली है वहीं कई जगहों पर तेज वर्शा और हवाओं के चलते कच्चे मकानों के छतिग्रस्त होने और पेड़ों के ट्रटने से भारी नुकसान भी हआ है खेतों को पानी मिल जाने से किसान काफी खुष हैं और कृशि कार्यो में तेजी आ गयी है विषेशकर धान की रोपाई का काम जोरो पर है मौसम विभाग ने प्रदेष के काफी स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्शा की संभवना जताई है साथ ही प्रदेष के पष्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्शा की चेतावनी जारी की है आकाषवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं मुल्तान सिंह यादव औरैया जनपद के सहायल थाना क्षेत्र में कल सुबह ट्रक और टेम्पों की टक्कर में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि तीन लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों को दिबियापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है मरने वालों में पाँच षिक्षक भी षामिल हैं जो अपने अपने स्कूल की ओर डयूटी पर जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मृत्यु पर गहरा षोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की षांति की कामना करते हुए षोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने जिला प्रषासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देष दिये हैं